एम्स ऋषिकेश को प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जिम्मा दिया जा रहा हैस्वास्थ्य विभाग और एम्स के बीच हुआ एमओयू देहरादून में पुल ट्रटने से नदी में ट्रक और मोटरसाइकिल गिरेहादसे में हई दो लोगों की मौत

बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्जुअल ऑफेन्सेंस यानी पोक्सो एक्ट के तहत छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में सरकार पहले ही फांसी का प्रावधान कर चुकी है लेकिन अब यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अलग अलग धाराओं के तहत भी सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजाना गगनयान प्रोग्राम को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए

इसके तहत प्रदेश के कुछ चुनिंदा अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन का जिम्मा एम्स को दिया जा रहा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग और ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए इसके तहत एलोपैथिक चिकित्सालय धनोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थानो और रामनगर डांडा स्थित उपकेन्द्रों का संचालन अब एम्स ऋषिकेश करेगा एमओयू के तहत एम्स चयनित स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्व प्रसव और प्रसव के बाद प्रसूता के स्वास्थ्य परिवार कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम आकस्मिक चिकित्सा सेवा ओपीडी और आईपीडी सेवायें निःशुल्क प्रदान करेगा साथ ही प्रदेश के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार और द हंस फांउडेशन के बीच भी एक एमओयू किया गया है इस समझौते के तहत हंस फाउंडेशन पांच साल तक जिला बागेश्वर के एलोपैथिक चिकित्सालय खाती का संचालन अनुबंध के आधार पर करेगा अस्पताल में हंस फाउंडेशन एक एमबीबीएस डाक्टर एक फार्मासिस्ट एक वार्ड बॉय और एक सफाई कर्मचारी को तैनात करेगा

इन सभी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए ई लर्निंग व्यवस्था के साथ साथ मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने चयनित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य खण्ड शिक्षा और मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने इन स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि चुने हए स्कूलों में ई लर्निंग कक्षाओं के संचालन के लिए प्रोजेक्टर एलईडी टीवी और इनवर्टर के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर फर्नीचर पंखे वाईट बोर्ड भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं

रैली में कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही आसपास के लोगों ने रैली में हिस्सा लिया रैली के जरिए लोगों को जागरूक किया गया रैली को क्षेत्रीय पार्षद अनुज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने लोगों से अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखने की अपील की स्कूली बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ रखने का मिशन शुरू किया है उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ रखना केवल प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है यह देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है स्वच्छता जागरूकता रैली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से निकाली गई थी स्लग पुल टूटा देहरादून के सैन्य क्षेत्र में आज सुबह पुराना लोहे का पुल टूट जाने के कारण उस पर से गुजर रहे एक ट्रक और दो मोटर साइकिल नदी में गिर गए दुर्घटना में दोनों मोटर साइकिल सवारों की मृत्यु हो गई जबकि ट्रक के चालक और परिचालक गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बल ने स्थानीय लोगों और सेना के जवानों की सहायता से खाई से तीन लोगों को बाहर निकाला रेसक्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया है दुर्घटना में एक मोटर साइकिल सवार की मौके पर ही मुत्य हो गई जबकि उपचार के दौरान दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया

टेस्टिंग का काम जनवरी में समाप्त होने के बाद उपभोक्ता फोर जी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे फोर जी सेवा थ्री जी के लिए मौजूद उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर दी जाएगी

ग़रुवार को देहराद्न में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए इजराइली कंपनी के मुताबिक शैवाल की फार्मिंग प्रोसेसिंग और अस्ट्राजन्थिंग के लिए लिए स्थानीय स्तर पर पार्टनरशिप की जायेगी इसके अलावा कंपनी राज्य में औषधीय भांग के पौधे की खेती और प्रोसेसिंग के लिए इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन के साथ भागीदारी के संभावनाओं पर विचार कर रही है इस सम्बन्ध में इजराइली प्रतिनिधिमण्डल ने पौड़ी में इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन के कैनबिस फार्म का निरीक्षण भी किया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने पलायन रोकने और स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है स्लग सड़क सुरक्षा समिति बैठक टिहरी जिले में पाले के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सड़क सुरक्षा समिति की आपात बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिये

साथ ही सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों को जिले के पालाग्रसित क्षेत्रों में धीमी गति से वाहन चलाने के स्लोगन लिखे चेतावनी बोर्ड तत्काल लगाने के भी निर्देश दिये

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा कुमाऊं की सबसे प्राचीन और अल्मोड़ा की ऐतिहासिक रामलीला को एक नये रूप में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है उदयशंकर नृत्य अकादमी में नये रूप में रामलीला का मंचन किया गया सिर्फ तीन घण्टे में हुई इस रामलीला का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया बागेश्वर जिले पिंडारी घाटी में हल्की बारिश की खबर है बारिश से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है वहीं कत्यूर घाटी और कपकोट क्षेत्र में पाला गिरने से भी ठंड में इजाफा हुआ है